इस दौरान प्रश्नकाल के साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सप्ताहभर की शासकीय सूची से अवगत करवाएंगे सदन में कल विधायक राकेश जम्वाल कीरतपुर नेरचौक फोरलेन पर चमुखा में गिर रहे डंगों से हादसों के खतरे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे

इस बीच सत्र को लेकर रणनीति बनाने के लिए भाजपा और कांग्रेस विधायक दल की बैठकें अब से कुछ देर बाद धर्मशाला में होने जा रही हैं भाजपा विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी जबकि विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे बिंदल दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सभी सदस्यों से सदन में रचनात्मक सहयोग की अपील की है तपोवन विधानसभा परिसर में आज सत्र की तैयारियों का जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि सत्र का व्यापक सदुपयोग जनहित से जुड़े मुद्दों के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने मण्डी ज़िले के जोगिन्द्रनगर में पथ परिवहन निगम का डिपो और सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग का मण्डल खोलने की घोषणा की है जोगिन्द्रनगर में आज एक जनसभा में उन्होंने लड़भड़ोल में आईटीआई और मकरेड़ी में उप तहसील खोलने की भी घोषणा की मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त और जिम्मेदार प्रशासन प्रदान किया है इससे पहले मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में करोड़ों रूपए की विकास परियोजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास किए उन्होंने उत्कृष्ट कार्यों के लिए अनेक सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं को सम्मानित भी किया सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह सांसद राम स्वरूप शर्मा और पूर्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने भी जनसभा को संबोधित किया

स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने धर्मशाला के अक्षैणा में आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए सरकार तत्परता से कार्य कर रही है इस अवसर पर विपिन परमार ने जन समस्याएं सुनकर अधिकतर का मौके पर निपटारा किया और कहा कि लोगों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना सरकार की प्राथमिकता है

अनुराग ठाकुर लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक व सांसद अनुराग ठाकुर इन दिनों जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने संबोधन में उन्होंने किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण खाद्य सुरक्षा के स्थायी समाधान सहित अनेक विकास कार्यक्रमों पर चर्चा कर विश्व पटल पर भारत का पक्ष रखा

उन्होंने खाद्य भण्डारण के नवीनतम तौर तरीकों को अपनाने पर भी बल दिया कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने राज्य में किसी भी स्थान पर लगने वाले सीमेंट प्लांट का विरोध करने का निर्णय लिया है एक बयान में पार्टी अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस तरह के प्लांट से प्रकृति और पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है उन्होंने कहा कि सीमेंट कम्पनियां उद्योग के नाम पर संबंधित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन करती हैं जिससे प्राकृतिक संपदा का अवैध दोहन हो रहा है विधिक साक्षरता शिमला जिले के बालिका आश्रम सुन्नी में आज विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया जिला व सत्र न्यायाधीश सीबीआई बरिन्द्र ठाक्र की अध्यक्षता में हुए इस शिविर में किशोरियों को उनके अधिकारों और सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी गई उन्होंने आश्रम में कन्याओं को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं और उनकी समस्याओं का भी जायज़ा लिया मौसम प्रदेश में कल से मौसम का मिजाज़ बदल सकता है

वर्षा व बर्फबारी की संभावना को देखते हुए लाहौल स्पीति प्रशासन ने लोगों को कल से रोहतांग दर्रा पार न करने की सलाह दी है उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने बताया कि सीमा सड़क संगठन की ओर से भी इस संबंध में प्रशासन को अलर्ट किया गया है इस बीच जनजातीय इलाकों में शीत लहर जारी है और केलंग कल्पा और मनाली में न्यूनतम तापमान लगातार जमाव बिंदू से नीचे दर्ज किया जा रहा है